देश से पोलियो उन्मूलन की निरंतरता बनाए रखने के लिए पांच साल से कम आयु के करीब सत्रह करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा दिलाई जाएगी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में बच्चों को पहले की अपेक्षा अब अधिक बीमारियों से बचाने पर जोर दिया जा रहा है उन्होंने कहा कि हाल ही में इस कार्यक्रम में न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन रोटावायरस वैक्सीन और मीजल्स रुबेला वैक्सीन जैसे नए वैक्सीन शुरु किए गए है इधर राज्य के पांच वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने के लिए राज्यभर में दो हजार नौ सौ पांच पोलियो बूथ स्थापित किया गया है नेशनल पीपुल्स पार्टी ने संयुक्त विपक्षी दलों द्वारा राजभवन के बाहर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से खुद को अलग कर लिया है ताकि मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू के पी आर सी मुद्दे के कथित द्रुपयोग के लिए इस्तीफे की मांग की जा सके पार्टी विधायक मुत्वू मिथी ने कल मीडीया को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी अध्यक्ष गिचो कबाक भी मौजूद थे श्री मुत्वू मिथी ने कहा कि पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों को हाल ही के पी आर सी मुद्दे के लिए जिम्मेदार मानती है उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नेशनल पीपुल्स पार्टी गैर ए पी एस टी को पी आर सी देने का विरोध करता है उन्होंने राज्य सरकार से गोलीबारी की घटना और हिंसा के मामले की जांच के लिए न्यायिक समिति की नियुक्ति की प्रक्रिया को तेजे करने का भी आग्रह किया तवांग जिले में कल एन एच पी सी परियोजनाओं के खिलाफ रैली निकाली गई यह रैली सेव मोन रिजन फाउंडेशन और तीन सौ दो एक्शन कमेटी द्वारा आयोजित किया गया था फेडेरेशन और कमेटी के प्रवक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने आज तक एन एच पी सी परियोजना को बंद करने की कोई भी सूचना देने में विफल रहे हैं कमेटी अध्यक्ष एल टी खोम ने कहा कि लोगों ने दो मई की हत्याओं के लिए सीबीआई जांच और तवांग जिले में एन एच पी सी परियोजना को तत्काल बंद करने की मांग की हैं राज्य भर में कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनया गया अरुनाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग महिला एवं बल विकास विभाग और अरुणाचल प्रदेश महिला कल्याण सोसायटी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की प्रथम महिला निलम मिश्रा ने महिलाओं के बिकास और सश्त्तीकरण पर जोर दिया उन्होंने कहा भावी पीड़ी को सहि मार्ग पर लाने में महिलाओं विशेषकर माताओं की अहम भूमिका है वोलेंटेरी ब्लाड डोनेशन ऑर्गेनाईजेशन आयांग द्वारा राजधानी क्षेत्र जिला प्रशासन के सहयोग से तोमो रिबा इंन्सीट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंस में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया नामसाई दापोरिजो और यिंकियोंग में भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया संसद निनोंग एरिंग ने ईस्ट सियांग जिले के रुक्सिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक वेन प्रदान किया ईस्ट सियांग जिला चिकित्सा अधिकारी डॉ कालिंग दाई और अन्य चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति में वेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हए संसद निनोंग एरिंग ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों से वेन के उचित उपयोग और रखरखाव की सलाह दी श्री एरिंग ने बताया कि भारतीय वायू सेना प्राधिकरण राज्य को चालीस एंबुलेंस देने के लिए तैयार है जिसके तेहत रुक्सिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बिलाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को वेन आवंटित किया जाएगा तिरप जिले के खोंसा से सुरक्षा कर्मियों ने पिछले दिनों एन एस सी एन आई एन के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है क्षेत्र में आतंकियों के छिपे होने और धन उगाही के मामले की सूचना मिलने के बाद सूरक्षा कर्मियों द्वारा चलाई गई अभियान के दौरान यह गिरफ्तारी की गई पकड़े गए व्यक्ति के पास से एक पिस्तल और गोला बारुद बरामद किया गया है देशभर में स्थापित सामान्य सेवा केंद्रों में आयुष्मान भारत योजना के तहत दो करोड़ लोगों के नामों का पंजीकरण किया गया है इस योजना के तहत पांच करोड़ से अधिक परिवारों को पांच लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज नई दिल्ली में सामान्य सेवा केंद्रों के जरिए आयुष्मान भारत सेवाओं पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि इससे लोगों के प्रति नई आशा का संचार हुआ है उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इन केंद्रों को सातवां आर्थिक सर्वेक्षण करने का काम भी सौंपा है